मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से देश में कोविड का टीका मुप्त मिलेगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को निःशुल्क लगाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री आज कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रहे थे

बाइट भारत की सरकार सारे देश के लोगों को कांविड से हर प्रकार की प्रकिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस न बनाएं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी

उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के दौरान वास्तविक टीका लगाये जाने को छोड़कर टीकाकरण को बाको सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार किया गया है

उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से हम कोरोना को परास्त करने के काफो करीब है श्री योगी ने कहा कि आगामी पांच जनवरी को पूरे प्रदेश में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जायेगा

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी मंडलीय विभागीय कार्यालयों को एक भवन में लाने का निर्णय लिया है गोरखपुर और वाराणसी मंडलों से इसकी शुरूआत की जा रही है ताकि दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले लोगों को विभिन्न विभागीय कामों के लिये भटकना न पड़े श्री योगी ने कहा कि इन भवनों में कैंटीन की ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे कार्यालयों में आने वाले लोगों को कम कीमत पर भोजन मुहैया कराया जा सके उन्होंने कहा कि मंडलीय कार्यालयों की तज पर ज़िलों में भी कार्यालयों को एकीकृत भवन में लाया जायेगा उधर लखनऊ में एक बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन के मददेनजर और ज्यादा सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन की जांच के लिये प्रयोगशालाओं में सभी जरूरी उपकरणों का प्रबंध प्राथमिकता के आधार पर किया जाये उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के सिलसिले में की जा रही व्यवस्थाओं का नियमित तरीके से अन्श्रवण किया जाय

प्रदेश में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास राजधानी लखनऊ में छह जगहों पर हो रहा है एक रिपोर्ट राजधानी लखनऊ में कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन छह स्थानों पर किया जा रहा है जिनमें सहारा अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और संजय गांधी पोस्टग्रेजूएट मेडिकल इंस्टिट्य्ट भी शामिल है

इस दौरान यह प्रक्रिया तीन चरणों में बांटी जाएगी जिसमें टीकाकरण का क्षेत्र टीकाकरण के बाद निगरानी का क्षेत्र और टीकाकरण के बाद इंतजार करने के लिए स्थान बनाए गए हैं

उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण को लेकर सभी प्रकार के जरूरी इंतजाम कर रही है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ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

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिये वृद्धाश्रम नारी गृह जेल मलिन और मजदूर बस्तियों आंगनबाड़ी केन्दों और प्राइमरी स्कूलों में टीबी रोग से ग्रसित मरीजों को गंभीरतापूर्वक चिन्हित करना चाहिये

उन्होंने कहा कि टीबी रोग को हराने के लिये सुनियोजित ढंग से कार्य योजना तैयार करनी चाहिये और इस अभियान से टीबी के साथ साथ एचआईवी और कुपोषित बच्चों को भी जोड़ा जाये श्रीमती पटेल ने क्षय रोग पर काबू पाने के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं जिले क अधिकारियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आहवान भी किया राज्यपाल ने इस अभियान को गति और नई दिशा देने के लिये ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी देने पर जोर दिया और कहा कि उन्हें मेरा गांव स्वच्छ गांव मेरा गांव स्वस्थ गांव तथा मेरा गांव समृद्ध गांव की भावना के लिये प्रेरित करें

यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार हो जाता है और उसकी सेवाएँ दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं तो उन्हें दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा

श्री सिंह ने कहा कि इससे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ बीएसएफ और सीआईएसएफ के युवा जवानों को बड़ी राहत मिलेगी उन्होंने कहा कि इस तरह की नई पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के जीवन को सेवानिवृत्ति के बाद भी आसान बनाना है इससे वह कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे जो इस समय पेंशन भोगी हैं या जिनके परिजन पेंशन ले रहे हैं

उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण ठंड से राहत मिलने का अनुमान है मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के पश्चिमी अंचल के कई स्थानों पर तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी की संभावना जताई है

यह दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चिरहुली गांव के पास उस समय हुई जब एक स्कूटर तेज रफ़्तार डम्पर की चपेट में आ गया मौत का शिकार हुए चारों लोग एक ही परिवार सदस्य थे जो इटावा में आयोजित एक कार्यक्रम से लौट रहे थे

कार्यदायी संस्था के नोडल अधिकारी विकास क्मार ने बताया कि चयनित ग्रामसभाओं में सवे का काम जारी है और जल्द ही टंकियों का निर्माण कार्य शुरू कराया जायेगा

यह योजना अगले साल तक पूरी कर ली जायेगी सरकार ने आठ जनवरी से भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ाने फिर शुरू करने का फैसला किया है

भारत से केवल दिल्ली मुंबई बेंगलुरु और हैदराबाद से उड़ानें रवाना होंगी